भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन कल नई दिल्ली में शुरू हुआ दो दिन के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया है

आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी के इस अधिवेशन का विशेष महत्वन है इसके अंत में आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताएव पारित किए जाने की संभावना है

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए आरक्षण शीर्षक से लिखे अपने फेसब्रक पोस्ट में श्री जेटली ने इसे गरीबी उन्मू लन और सामान्यी वर्ग के गरीबों के हित में सबसे बड़ा कदम बताया है श्री जेटली ने मूल संविधान की प्रस्तावना में राजनीतिक सामाजिक या आर्थिक आधार पर सभी के लिए सरकार द्वारा समान अवसर और न्याय सुनिश्चित करने का उल्लेख किया गया है

इस समिति का गठन वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा के नेतृत्व में किया गया था

विधानसभा सचिवालय ने सत्र आहृत करने की अधिसूचना जारी कर दी है इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल की आपत्ति को दरकिनार कर राज्यपाल कल्याण सिंह ने विधानसभा सचिव को सत्र आहत करने के निर्देश दिए

जिससे पन्द्रह जनवरी को सत्र आहृत करने के बारे में असमंजस हो गया था श्री मेघवाल ने इस मामले में राज्यपाल को भी अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि प्रदेश में अधिकाधिक पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़े इसके लिए ग्राम और वार्ड सभाओं का आयोजन किया जा रहा है

पत्र सुचना कार्यालय के निदेशक प्रेम भारती ने बताया कि यह संगोष्ठी जयपुर के विद्याधर नगर रिथित पत्र सूचना कार्यालय के मीडिया सेंटर में आयोजित होगी

संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने संवाददाताओं को बताया कि इस अभियान के लिए मानव अंतरिक्ष केन्द्र स्थापित किया गया है उन्होंने बताया कि मानव मिशन गगनयान परियोजना के तहत भारत तीन अंतरिक्ष यात्रियों को सात दिन के लिए बाह्य अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है

सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना ने कल जयपुर में बताया कि सरकार द्वारा राज्य को दिये गये साढ़े तीन लाख से अधिक मीट्रिक टन मूंगफली के खरीद के लक्ष्य के विरूद्व डेढ लाख से अधिक मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है उन्होंने बताया कि खरीद केन्द्रों पर अधिकतम तुलाई क्षमता के साथ अधिक से अधिक किसानों से खरीद करने के प्रयास किये जा रहे हैं

श्री गर्ग के निर्देश पर सतर्कता शाखा द्वारा सात थानों में डिकॉय ऑपरेशन कर परिवादीगण के साथ संवेदनशीलता से अच्छा व्यवहार करने के साथ ही थानों पर प्रकरण दर्ज करने की कार्यवाही के बारे में परीक्षण किया गया था

राजस्थान स्टेट हज कमेटी के अधिशाषी अधिकारी ने बताया कि लॉटरी अल्पसंख्यक मामलात विभाग के मंत्री द्वारा खोली जायेगी

जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक ऐकेगुप्ता ने बताया कि ऑनलाईन डिजिटल माध्यम से बिजली बिलों के भूगतान करने में उपभोक्ताओं को आ रही कठिनाईयों को देखते हुए जयपुर डिस्कॉम द्वारा यह निर्णय लिया गया है

इन लोक अदालतों में लम्बित मामलों को आपसी समझाइश से निपटाया जाएगा

ऑस्ट्रेलिया टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करे रहा है